यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यााण मंत्रालय आयोजित कर रहा है और इसका उद्देश्य परजीवी कृमि का प्रभाव कम करने के लिए बच्चों और किशोरों की आंतों को कृमिरहित करना है

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अध्यापक आंगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में बच्चों और किशोरों को कृमिरोधी दवा की खुराक दे रहे हैं

इसी तरह जिन छात्र छात्राओं ने अब तक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र नहीं भरा है और वे परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो वे स्वाध्यायी छात्र के तौर पर ऑनलाईन परीक्षा आवेदन निर्धारित परीक्षा शुल्क और विलम्ब शुल्क साढ़े सात हजार रुपये जमा करके आवेदन भर सकते हैं परिवार सत्यापन इंदौर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है

कलेक्टर ने जिला षिक्षा अधिकारी को निर्देषित किया हैं बोर्ड परीक्षा वाले सभी स्कूल छुट्टी वाले दिन भी खुले और षिक्षक उपस्थित होकर अध्यापन कार्य करवाएं आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के प्राचार्य को नोटिस जारी किये जाएंगे

उडान अभियान मंदसौर जिले में आज से उडान अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है

जिन्हें प्रथम चरण में चयनित किया गया था हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन के उडान अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना है

भगवान महाकाल की तर्ज पर यहां भी ऑनलाइन सजीव दर्शन की सुविधा की जा रही है